प्रदेश में मानसून के रंगत में आने से कई जिलों में हई अच्छी बारिश पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई है कल हुई बैठक में विधायक दल ने अशोक गहलोत सरकार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया

दूसरी तरफ सचिन पायलट भी अपने पास दो दर्जन से ज्यादा विधायक होने की बात कर रहे हैं

गूगल फॉर इंडिया इवेंट के अवसर पर श्री पिच्चई ने कहा कि यह कदम भारत के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतीक है उन्होंने कहा कि इससे हर भारतीय को मातृ भाषा में सस्ती और सुलभ जानकारी मिलेगी भारत की अनूठी जरूरतों के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होगा डिजिटल परिवर्तन में लगे व्यवसायों को मजबूत बनाया जा सकेगा शिक्षा कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का लाभ उठाया जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदर पिच्चई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर देश में गूगल के उत्पादों और भारत में गूगल के प्रयासों के बारे में जानकारी ली प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहे हैं और उसे अपना रहे हैं

इस बैठक में मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने की प्रक्रिया के दूसरे चरण के बारे में बातचीत की जाएगी चीन आमने सामने के टकराव की कई जगहों से पहले ही सेना हटा चुका है

सेना प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिमी कमान के सैनिकों को संबोधित किया और उनके मनोबल की प्रशंसा की उन्होंने देश के दुश्मनों के किसी भी दुस्साहस को विफल करने और स्थिति पर नियंत्रण के लिए भारतीय सेना की क्षमताओं पर पूरा विश्वास व्यक्त किया

दो दिवसीय इस ऑनलाइन बैठक में जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों और नेहरू युवा केन्द्र संगठन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के कियाकलापों पर चर्चा की जाएगी

पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश के समाचार है

राजधानी जयपुर में कल रात को भी रूक रूककर हल्की बारिश हई मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है

इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें